उन्होंने नागरिको से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने राज्य को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने को कहा राजधानी ईटानगर में शनिवार की शाम अपने आधिकारिक आवास में जनता दरबार के आयोजन के बाद पत्रकारो से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गृह विभाग राज्य में कानून और व्यवस्था रखने में अपनी बरसक कौशिश कर रहा है लेकिन इसमें आम लोगो की सहयोग की भी जरुरत है श्री फेलिक्स ने बताया की प्रस्तावित हमारा अरुणाचल अभियान का लक्ष्य राज्य में हिंसा और अपराध को कम करना है उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत उन नागरिको को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य में कानुन और व्यवस्था को कम करने में सहयोग देगा

इस सिलसिले में उपमुख्यमंत्री चाऊना मैन के आमंत्रण पर श्री सिंघा नामसाई जिले के उन महत्वपूर्ण जगहो का दौरा कर रहा है जहाँ दोनो जनजातियों के कला और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है इन नक्काशियों की स्थापना के लिए साईटो में से एक साईट नामसाई स्थित बहुउद्शिय सास्क्रतिक सभागार होगा जिसमें इन नक्काशियों को प्रतिष्ठापन किया जाएगा और जो कार्य की समाप्ति के बाद अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगा श्री सिंघा की बेहतरीन नक्काशी की गवाह रोईंग के निकट बोलुंग में प्रतिष्ठापित किए डॉ भुपेन हाजरिका की प्रतिमा है

उन्होंने पंद्रह एन पी ती ई एल ऑन लाइन पाठ्यक्रम समाप्त की है आई आई टी खड़गपुर में सट्टाईश जुलाई को एस पी ओ सी सुविधा कार्यशाला के दौरान पमिर रोई के दुर्लभ उपलब्धि के लिए उन्हें सम्मानित किया गया

माऊंट कांग यात्से जम्मु कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में छह हजार दो सौ पचास मिटर उंचे पहाड़ की चोटी में स्थित है

अमुमन एवरेस्ट अभियान से पहले सभी पर्वतारोहियों को ऐसी चोटियों को चढ़ना पड़ता है भविष्य में तागित और ताबु माऊंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की लक्ष्य रखे हुए है गौरतलब है की नेपाल स्थित एवरेस्ट रेंज के आइलैंड पीक पर तागित ने अप्रैल दो हजार अट्ठारह को चढ़ाई की थी

चिम्पु स्थित सांगे लादेन खेल अकादमी ग्राऊंड में शनिवार को इस टुर्नामेंट में जनरिंग एस सी के तागरु तालुप सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बने वही पोलोसिटी एफ सी के चुकू कास्सार और ग्रेम तामा बेस्ट गोल किपर और प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट का खिताब जिता

विशेष जांच दल के पुलिस अधीक्षक ने संवाददाताओ को बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी वांगचिन वांगपान नाहरलगुन और ईटानगर में अपहरण जबरन वसूली और हत्या जैसे अपराधों की साजिश में लगा था विशेष जांच दल ने कल नाहरलगुन के विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया उसे नैशनल सोशलिस्ट कउंसिल ऑफ लगालैंड यू की अरुणाचल प्रदेश इकाई के स्वंयभू अध्यक्ष का निकट सहयोगी बताया जा रहा है पुलिस ने उसके पास से विस्फोटक और हथगोले भी बरामद किये है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साजिश की और जानकारी हासिल करने तथा इस मामले में और गिरफ्तारियों के लिए जांच की जा रही है

यह इस वर्ष चांदीपुर से इस मिसाइल का दूसरा परीक्षण था इसका पहला परीक्षण छब्बीस फरवरी को किया गया था